ग्रामीण विकास के लिए पंचायत प्रतिनिधियों को हरसंभव सहायता प्रदान करेगी राज्य सरकार नीति आयोग द्वारा जारी भारत नवाचार सूचकांक में उत्तरी पूर्वी राज्यों की सूची में हिमाचल शीर्ष पर और लाहौल घाटी के विभिन्न स्थानों पर हालड़ा उत्सव की ध्रम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

राष्ट्रपति ने कहा कि संसद के पिछले सत्र में पारित कृषि संबंधी तीनों कानूनों का उद्देश्य देश के किसानों को और ज्यादा अधिकार तथा शक्तियां हासिल करने में मदद करना है

राष्ट्रपति ने कहा कि केन्द्र सरकार ने देश के किसानों की दशा सुधारने के लिए कई कदम उठाए हैं

उन्होंने कहा कि चैन्नई से पोर्टब्लेयर तक सबमरीन ऑपटिकल फाइबर केबल हो अटल टनल हो या फिर चार धाम सड़क परियोजना हमारा देश विकास के कार्यों को आगे बढ़ाता रहा है इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अभिभाषण में अटल टनल रोहतांग के जिक्र को हिमाचल के लिए गौरव की बात बताया है उन्होंने कहा कि ये परियोजना आधुनिक इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा उदाहरण है किशन कपूर सांसद किशन कपूर ने संसद में प्रस्तुत राष्ट्रपति के अभिभाषण को मोदी सरकार के आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के संकल्प की पुष्टि कहा है किशन कपूर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश ने वैश्विक कोरोना महामारी का मुकाबला सफलता से किया है उन्होंने कहा कि अभिभाषण में सीमांत व छोटे किसानों का उल्लेख इस आशय का संकेत है कि केन्द्र सरकार देश के सीमांत और छोटे किसानों के समग्र विकास के लिए सदैव तत्पर है

इसमें सरकारी खर्च में बढ़ोतरी से अर्थव्यवस्था की विकास दर में सुधार होने का संकेत दिया गया है

मुख्यमंत्री प्रदेश में ग्रामीण विकास के लिए पंचायत प्रतिनिधियों को हरसंभव सहायता प्रदान की जाएगी ताकि लोगों को ग्रामीण स्तर पर बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा सके मुख्यमंत्री जयराम ठाकर ने आज धर्मशाला में उनसे मिलने आए नवनिर्वाचित पंचायती राज प्रतिनिधियों से बातचीत के दौरान ये बात कही उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ग्रामीण विकास के लिए कृतसंकल्प है और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के उत्थान के लिए अनेक कार्यक्रम शुरू किए गए हैं

इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी उद्योग मंत्री बिक्रम ठाक्र और वन मंत्री राकेश पठानिया भी मौजूद रहे

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश की इस शानदार उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त की है उन्होंने प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किए गए विभिन्न प्रयासों को सफल बनाने में राज्य के लोगों के सहयोग के लिए भी आभार जताया है मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से भविष्य में भी इसी तरह सहयोग का आग्रह किया है ताकि प्रदेश प्रगति के पथ पर निरंतर अग्रसर रह सके राजेन्द्र गर्ग खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री राजेन्द्र गर्ग ने बिलासपुर ज़िला के घुमारवीं में आज जनसमस्याएं सुनी और अधिकतर का मौके पर ही निपटारा किया उन्होंने अधिकारियों को जनसमस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान करने के निर्देश भी दिए हालड़ा उत्सव लाहौल स्पीति ज़िले में सर्दियों के मौसम में उत्सवों और त्योहारों का दौर शुरू हो जाता है इन दिनों हालड़ा उत्सव घाटी में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समय मनाया जा रहा है इसी कड़ी में पट्टन घाटी में भी ये उत्सव मनाया गया इस दौरान लोग अपने इष्ट देव की विधिवत पूजा अर्चना कर आने वाले समय के लिए अच्छी फसल की कामना करते हैं स्थानीय लोगों के अनुसार ये उत्सव नववर्ष के आगमन के प्रतीक के तौर पर मनाया जाता है

उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने कृषि सुधार के लिए जो बिल लाए हैं उनसे देश के किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा राकेश कुमार ने गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में किसान आंदोलन के नाम पर हुई हिंसा को दुर्भाग्यपूर्ण बताया कोविड प्रदेश प्रदेश में कोविड मामलों में लगातार कमी दर्ज की जा रही है

धावक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत सिरमौर ज़िले के दिव्यांग धावक वीरेन्द्र सिंह ने हरिपुरधार से नाहन तक दौड़ लगाकर लोगों को सड़क सुरक्षा के नियमों के बारे में जागरूक किया उन्होंने ये दौड़ कल शुरू की थी